इससे पहले कल केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा द्वारा इस कानून के बारे में जागरूकता लाने के लिए चलाये जा रहे देशव्यापी अभियान के तहत लखनऊ में रैली को संबोधित किया और कहा कि सरकार संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ हो रहे विरोध से घबरायेगी नहीं और इसे वापिस नहीं लेगी उन्होंने कहा कि यह अधिनियम किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनने से संबधित नहीं है गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के नाम पर प्रताडित होकर भारत आने वाले हिन्दू सिक्ख बौद्ध ईसाई जैन और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है

शीर्ष न्यायालय ने कल यह ऐतिहासिक व्यवस्था देते हुए कहा कि संसद को किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार ससंदीय ट्रिब्यूनल को देने का विचार करना चाहिए और इसके लिए संविधान संशोधन कर गंभीरता से सोचना चाहिए न्यायालय ने कहा कि संसद किसी ओर वैकल्पिक प्रणाली पर भी विचार कर सकती है न्यायालय कांग्रेस नेता केशम मेघचन्द्र सिंह द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था

यह मतदान शाम पांच बजे तक कराया जायेगा

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये गये हैं

उपसरपंच का चुनाव कल कराया जायेगा इस बीच तीसरे चरण के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच की गई

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

श्री मिश्र कल राजभवन में जनजाति क्षेत्र विकास की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में पर्यटन और खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाये उन्होंने जनजाति क्षेत्र में रोजगारपरक शिक्षा के लिए लगाये जा रहे शिविरों की सराहना की

यह जानकारी अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने कल बाडमेर में अल्पसंख्यक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान दी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए दस करोड रूपये का प्रावधान किया है उन्होंने यह भी बताया कि मदरसों को वेंद्यानिक दर्जा दिलाने के लिए जल्दी ही एक बिल लाया जायेगा इस बिल के पारित होने के बाद मदरसों के सभी काम कानुन के मुताबिक होंगे

इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी करेंगे